इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस दौरान जगत प्रकाश नडडा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा से समारोह में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेंगे इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार प्रेम कुमार धूमल और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे अनुराग केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज से हमीरपुर जिले के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे अनेक विकास कार्यों के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे अनुराग ठाकुर नादौन अस्पताल भवन का लोकार्पण भी करेंगे इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी मौजूद रहेंगे

नवरात्र शारदीय नवरात्र के आज छठे दिन मां दूर्गा के कात्यायानी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से सांसारिक कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है

प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए सुबह से ही श्रद्दालु मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं

लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं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

कंडक्टर भर्ती से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है चार सॉल्वरों को भेजा था प्रश्नपत्र आयोग से रिकॉर्ड तलब पंजाब केसरी के शब्द हैं एसआईटी ने कर्मचारी चयन आयोग से मांगा रिकार्ड कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है सात माह बाद दौड़ी ट्रेन यात्री एक भी नहीं

दैनिक जागरण ने खबर दी है अब एक ही बार पास करना होगा टेट अमर उजाला पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के हवाले से लिखता है प्रदेश भाजपा में भी फैल रहा राजनीतिक प्रदूषण मचा सियासी हड़कंप